राज्यभर में अबतक पांच लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है जिसमें से चार लाख सतहतर हजार छह सौ चालीस रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि पच्चीस हजार तीन सौ तैंतीस लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं

इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होनेवाले लोगों की कुल संख्या पंद्रह हजार सात सौ नौ हो गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या नौ हजार तीन सौ उनसठ पहुंच गई है

वहीं दूसरी ओर राज्यभर में कल नौ कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या दो सौ पैंसठ पहुंच गई है राजधानी रांची में मंगलवार को रैपिड एंटीजन मास टेस्टिंग ड्राइव का सफल संचालन किया गया इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग ड्राइव चलाया गया जिसमें दस हजार एक सौ एक नमूनों की जांच की गई इस दौरान दो सौ अड़तालीस लोग कोरोना संक्रमित पाए गए जबकि नौ हजार आठ सौ तिरेपन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आजसू प्रमुख सिल्ली विधायक और पूर्व मंत्री सुदेश महतो ने सोशल मीडिया पर खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है मंत्री कल कैबिनेट की बैठक में शामिल हए थे इसे देखते हए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित आठ मंत्री होम क्वारंटीन हो गए हैं वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के आज के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से कोविड महामारी के कारण मौजूदा मॉनसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है इधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में विषाणु जनित रोगों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए उपाय जरूरी हैं

यह एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे अधिक संख्या है

संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी तेजी से घटकर एक दशमलव नौ एक पर आ गया है तीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है रांची सिविल कोर्ट के तीन न्यायिक अधिकारी के कोराना संक्रमित पाए गए हैं इसे लेकर सिविल कोर्ट को दो दिनों के लिए सील कर दिया गया है इससे पूर्व भी एक न्यायिक अधिकारी संक्रमित मिल चुके हैं सील अवधि के दौरान सिविल कोर्ट में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की जाएगी और इस दौरान न्यायिक कार्य नहीं होंगे सिर्फ रिमांड एवं अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी इधर तीनों न्यायिक अधिकारी होम आइसोलेशन में हैं

अधिकारियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है हाल फिलहाल में जो भी संपर्क में आये हैं उनकी भी कोरोना जांच होगी कोडरमा जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोरोना काल में केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के संचालन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई इसके साथ ही पूर्व चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई बैठक में उपायक्त रमेश घोलप एसपी एहतेशाम वकारीब और बरकहा विधायक अमित यादव भी मौजुद थे बैठक के बाद सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण अगस्त महीने तक का किया जा चुका है उन्होंने कहा कि बैठक में खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर चर्चा की गई और इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने को लेकर विचार विमर्श किया गया कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने कल रांची में हई बैठक में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया है जबकि शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए मुहर्रम के अन्य धार्मिक क्रियाकलाप होंगे इसमें नजर व नियाज शामिल हैं बैठक की अध्यक्षता हाजी अब्दुल कादिर रब्बानी ने की इस बैठक में धोताल अखाड़ा रांची और इमाम बख्श अखाड़ा रांची के प्रमुख खेलीफा की मौजूदगी में जुलूस पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया बैठक में कहा गया कि इस बार केवल इमामबाडा कर्बला में नियाज और फातिहा होगा कमेटी के द्वारा धार्मिक कार्यक्रम से संबंधित एक गाइडलाइन जारी की जाएगी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

एक टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है उन्हें इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझावों की प्रतीक्षा है

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समन्वय के साथ मजबूती देने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य ग्रामीण विकास कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों की नई दिल्ली में कल एक बैठक हई बैठक में महिलाओं की एसएचजी को और मजबूती देने एवं उनके स्किल डेवेलपमेंट पर बात हुई इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये समझौते में विभिन्न योजनाओं दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम मनरेगा पीएम आवास योजना ग्रामीण और पीएम ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जनजातीय बहल क्षेत्रों में आजीविका कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समन्वयवादी दृष्टिकोण को मजबुत करने की योजना है इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आजीविका के अवसरों की उपलब्यता बढाने ग्रामीण और वनउपजों के मूल्य वर्धन को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को पूर्ण करने के उद्देश्य से इस पहल का स्वागत किया उन्होंने समग्र विकास की दृष्टि से मौजूदा कमियों की पहचान करने और उन्हें पूरा करने पर भी जोर दिया है गिरिडीह जिले की मुफस्सिल थाना पुलिस ने कल रांची से एक ठग को गिरफ्तार किया है

गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि गिरिडीह के अलावे पाक्ड और साहेबगंज जिले के लोगों को भी ठगा है उन्होंने कहा कि गिरफ्तार ठग मनोज क्मार के बैंक खातों की जांच की जा रही है

वैश्विक महामारी कोरोना काल में लोगों द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं

राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव की बहाली के खिलाफ दायर याचिका को उच्चतम न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे को हटाने के मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसपर आज सुनवाई हई और अब संक्षिप्त खबरें झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में कल हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षक नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हई सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है

खूंटी जिले के मुरह प्रखंड के महादेव मन्डा को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है